सरकार ने व्यक्तिगत और जल संरक्षण परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी

टीबी रोग प्रदेश सरकार ने टीबी के रोगियों के लिए मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना शुरू की है

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कल रात अधिसूचना जारी कर दी है इस वित्तीय मदद से टीबी के मरीजों को काफी मदद मिलेगी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस वित्त वर्ष में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

किन्नौर से हमारे संवाददाता सीताराम नेगी ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति किन्नौर के सांगला के हैं इन्हें संस्थागत क्वारंटीन उरनी में रखा गया था दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है मामले की पुष्टि किन्नौर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने की है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अनलॉक वन के तहत प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया गया है कल शिमला के रामबाजार अनाज़ मंडी में पन्ना प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों की गतिविधियां बढ़ रही हैं लेकिन साथ ही हमें कोरोना संकमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी मानकों का पालन करते हुए सक्रिय सहयोग देना होगा गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर कल कुल्लू में एक समीक्षा बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत सेब सीज़न के दौरान फल व सब्जी मंडियों में भीड़ कम करना इस बार बड़ी चुनौती होगी गोविंद ठाकुर ने कहा कि जल्द ही सेब सीजन शुरू होने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग में मानदंडों की पालना के लिए मंडियों में भीड़ पर रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन आढ़तियों ट्रांस्पोर्टरों व बागवानों सभी को मिलकर इसका समाधान निकालने की जरूरत है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है एचपीयू में नौकरियों की भरमार पांच से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल को मिलेंगे तीन नए मंत्री शीघ्र दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए इनकम टैक्स में छूट दे सरकार शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सरकार की नई गाइडलाइंस से पहले होटलियर्स ने रखी अपनी मांग

पंजाब केसरी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखता है आवश्यकता पड़ी तो आगे भी बंद किए जा सकते हैं स्कूल आपका फैसला के मुताबिक जब स्कूल आने में छात्र सक्षम होंगे तभी शुरू होगी पढ़ाई अमर उजाला की एक खबर है भरमौर में सड़क कार्य में जुटे मजदूरों पर गिरा मलबा दो की मौत पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ने से तीन जिलों में अलर्ट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

नमस्कार